सुरक्षा के सभी प्रबंध चाक चौबन्द अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नवीं और ग्यारहवीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम होगा लागू

तापमान गिरने से सर्दी बढ़ी विधानसभा चुनाव प्रदेश की झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह सात बजे से मतदान शुरू होगा

ज़िला निर्वाचन अधिकारी प्रबल सिपाहा और रिटर्निंग अधिकारी अभय खराड़ी ने मतदानकर्मियों से मतदान सामग्री चेकलिस्ट से मिलान करके प्राप्त करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा है कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने मतदान केंद्रों में पहंचने की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे सभी मतदान केन्द्रों के लिए एक हजार आठ सौ र्चौसठ कर्मचारियों को रवाना किया गया है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिये गये हैं झाबुआ में कुल पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं मुख्य मुकाबला कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और भाजपा के युवा नेता भानु भूरिया के बीच है चुनाव हरियाणा महाराष्ट्र और हरियाणा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

आतंकी कार्यवाही पाकिस्तानी सेना द्वारा फिर संघर्ष विराम उल्लंघन किये जाने के जवाब में भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना की उन चौकियों को भी निशाना बनाया जहां से भारत में आतंकियों की घुसपैठ में मदद दी जा रही थी आर्मी चीफ विपिन रावत ने कहा है कि इस कार्रवाई में कई आतंकी कैम्प तबाह कर दिये गये वहीं कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है प्रदर्शन प्राध्यापक राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के इंदौर स्थित निज निवास पर आज चयनित सहायक प्राध्यापकों ने नियुक्ति पत्र दिये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

अभ्यर्थियों ने सुनवाई न होने पर चरणबद्ध आंदोलन किये जाने की चेतावनी दी है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम राज्य में अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में नवीं और ग्यारहवीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया जायेगा स्कूल शिक्षामंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल सीहोर के एक स्कूल में आयोजित अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान यह जानकारी दी श्री चौधरी ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदो को शीघ्र ही भरा जायेगा उन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक के महत्व पर भी जोर दिया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

श्री मोदी आज नई दिल्ली में ब्रिजिटल इंडिया पुस्तक के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि यह भी सच है कि समस्याओं के समाधान के लिए केवल प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि सही दिशा और संवेदनायें महत्वपूर्ण हैं इस पुस्तक के लेखक टाटा सन्स के अध्य्क्ष एन चन्द्रशेखरन और रूपा पुरूषोत्म हैं

तीन नवंबर तक चलने वाले इस समारोह में स्पेन इटली इजराइल इरान रूस किर्गिस्तान और श्रीलंका सहित देश के कई राज्यों के एक हजार से अधिक नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे उत्सव में भाग लेने वाले सर्वश्रेष्ठ नर्तकों को अगले वर्ष विभिन्न देशों में अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देने का अवसर मिलेगा मौसम प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है भोपाल सहित आसपास के जिलों में आज दिनभर बादल छाये रहे और कहीं कहीं बारिश हुई

इसके बाद सर्दी बढ़ने की संभावना है

खंडवा जिले में आज दिन भर बादल छाये रहे जिससे गुलाबी सर्दी का अहसास होने लगा है जिले में आज अधिकतम तापमान सत्ताइस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वही उमरिया जिले में आज सुबह से ही झमाझम बारिश होने के समाचार हैं

वहीं सतना सांसद गणेश सिंह ने आज शहर में गांधी संकल्प यात्रा निकाली